आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक

राज्य में कोविड उन्नीस वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुये कल से इकतीस जुलाई तक एक बार फिर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया जायेगा सोलह दिनों के इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय प्रतिष्ठान शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे वहीं सामाजिक राजनीतिक और खेल गतिविधियों के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुये किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी हमारी संवाददाता ने बताया कि आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया बाईट लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी इस दौरान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे डेयरी किराना दुकानें फल सब्जियों की दुकानें दवा दुकानें पेट्रोल पंप एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगायी गयी है टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी आकाशवाणी समाचार के लिए कल्पना झा

लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से ज़ुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे से होम डिलिवरी की सुविधा मिलती रहेगी इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों की क्षमता के तैंतीस प्रतिशत को ही कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गयी है निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है खेती बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज के दुकान भी खुले रहेंगे गैराज मोबाईल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है

राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक एक हजार चार सौ बत्तीस नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर अठारह हजार आठ सौ तिरपन हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना जिले में एक बार फिर सबसे अधिक एक सौ बासठ लोग पॉजिटिव मिले हैं इसके साथ ही पूर्वी चंपारण में एक सौ चौबीस बेगूसराय में एक सौ चौदह नालंदा में एक सौ सात नवादा में बानवे भागलपुर में इकसठ पश्चिम चंपारण में अंठावन सीवान में पचपन मुजफ्फरपुर में चौवन गया में पचास मुंगेर में अड़तालीस भोजपुर में पैंतालीस और खगड़िया में तैंतालीस व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की संख्या एक सौ साठ हो गयी है राज्य में अब तक तेरह हजार उन्नीस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमर चन्द बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया बाईट जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंटवैक्सीन ऐज ए मेडिसीन के रूप में न निकले तब तक हमेंजो प्रीकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उस समय घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना औरजब निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटरदूर खड़े रहें दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस के बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है

पांच परसेंट याउससे कम वाले हैं जिनको की दाखिल होना पड़ता है राज्य के अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में भी कोरोना जांच के नमूने लिये जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इससे गांवों में रहने वालों लोगों को आसानी होगी श्री पांडेय ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सौ सौ आईसोलेशन बेड भी तैयार किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इन आईसोलेशन सेन्टर में संसाधनों की व्यवस्था की निगरानी की जायेगी इसके लिए एक पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये पटना एम्स में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार इस नियंत्रण कक्ष से एम्स में भर्ती मरीजों से संबंधित जानकारी ली जा सकेगी और बाहर से आने वाले मरीजों को आसानी से भर्ती कराया जा सकेगा वहीं एम्स प्रशासन ने अस्पताल में उन्हीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने का फैसला किया है जो किसी सरकारी अस्पताल से रेफर किये गये हो इधर एम्स में आज से संदिग्धों की स्क्रीनिंग नहीं होगी प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुये राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज दिये गये हैं उन्होंने कहा कि अठारह जुलाई से नामांकन शुरू होना था जबकि एक अगस्त को मतदान की तिथि तय की गयी थी श्री शंकर ने कहा कि रिथति सामान्य होते ही नई तिथियों की घोषणा की जायेगी उन्होंने कहा कि चुनाव के होने तक सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी को पैक्स का प्रशासक बनाया जायेगा जो पैक्स के काम काज की देखरेख करेंगे केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया है मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन तीस मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन पैंतालीस पैंतालीस मिनट के दो सत्र से ज्यादा नहीं होंगे इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन पैंतालीस पैंतालीस मिनटके अधिकतम चार सत्र निर्धारित किए गए हैं नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है मध्रबनी के मधवापुर में बलवा अस्पताल के पास धौस नदी का बांध टूट गया जबकि मुजफ्फरपुर के पारू में रिंग बांध टूट गया है वहीं पूर्वी चम्पारण जिले में मोतिहारी के सरसावां गांव के पास सिकरहना नदी का बांध टूट गया जिससे बांध के पास बना सड़क प्रल भी ध्वस्त हो गया है इस कारण नदी का पानी सरसावां सुन्दरपुर खाप डीह महुआही समेत कई गांव में प्रवेश कर गया है इससे लगभग चार सौ हेक्टेयर में लगी धान की फसल ड्रब गयी है मोतिहारी में लखैरा के झिटकहियां बहुअरी गांव में दुधौरा तिलावे और पसहा नदी का पानी प्रवेश कर गया है इधर सुपौल के निर्मली प्रखंड की लगभग एक दर्जन सड़क और डायवर्सन पानी में ड्रब गये हैं जिससे यातायात बाधित हो गया है गोपालगंज जिले में बाढ़ का पानी लगभग चालीस गांवों में प्रवेश कर चुका है सीतामढ़ी मधुबनी राजकीय उच्च पथ और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर पुनौरा के पास पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हुआ है वहीं शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास बागमती नदी के टूटे सुरक्षा तटबंध की मजबूती का काम लगातार जारी है पश्चिम चम्पारण रिथित वाल्मिकी नगर गंडक बराज से तीन लाख पन्द्रह हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सबसे अधिक पिपरासी प्रखंड प्रभावित हुआ है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और राज्य के उत्तरी हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कम बारिश होने के कारण प्रदेश की अधिकतर नदियों का जलस्तर घटने लगा है हालांकि कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज शिवहर के ड्ब्बा घाट और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है लेकिन इन नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है वहीं कोसी नदी सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान से नीचे है इसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर है और वहां जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इधर भूतही बलान कमला बलान और महानंदा नदियों का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है जबकि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और गांधी घाट तथा मुंगेर और भागलपुर में लाल निशान के पास बना हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनूसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ लाख छत्तीस हजार एक सौ इकयासी हो गई है वहीं देश भर में अब तक पांच लाख बानवे हजार बत्तीस रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या चौबीस हजार तीन सौ नौ हो गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वज्रपात से पांच लोगों की मौत हो गयी मृतकों में गया के दो और बांका नवादा तथा नालंदा के एक एक व्यक्ति शामिल है इधर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करने से भी बचना चाहिए प्रदेश के मौसम में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा के झारखंड की ओर चले जाने के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की सम्भावना कम हो गयी है वहीं प्रर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आस पास में चक्रवाती हवा के दबाव के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जतायी गई है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज दोपहर दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा वेबसाइट सीबीएसई रिजल्ट डॉट एनआईसी डॉट इन या रिजल्ट डॉट एनआईसी डॉट इन पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं छात्रों को एस एमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर और ई मेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे मोबाइल नम्बर सात सात तीन आठ दो नौ नौ आठ नौ नौ पर जरूरी विवरण के साथ एसएमएस भेजकर भी नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं परीक्षा परिणाम टेलीफोन नम्बर शून्य एक एक दो चार तीन शून्य शून्य छह नौ नौ पर इंटरैक्टिव वायस रेस्पांस सिस्टम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं विद्यार्थी उमंग ऐप और उमंग डॉट जीओवी डॉट आईएन पर भी परिणाम देख सकते हैं डिजिटल मार्कशीट माइग्रेशन और कौशल प्रमाण पत्र भी डिजिलॉकर में उपलब्ध रहेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ड्रबने की घटनाओं में नौ बच्चों की मौत हो गयी है मृतकों में मधेपुरा और सुपौल से तीन तीन नालंदा से दो और शिवहर का एक बच्चा शामिल है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कल से लागू हो रहे लॉकडाउन के खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में कल से इकतीस तक फिर लॉकडाउन दैनिक भास्कर लिखता है बिहार में पहली बार दस हजार से ज्यादा जांच चौदह सौ से ज्यादा मरीज यानि चौदह प्रतिशत पॉजिटिव प्रभात खबर ने भाजपा के चार प्रदेश पदाधिकारियों समेत अनेक कार्यकर्ताओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राजस्थान के राजनीतिक संकट पर दैनिक जागरण लिखता है अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बिना पायलट